प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना का दायरा बढाया जायेगा चिकित्सा मंत्री ने दिये निर्देश

कल जोरहाट से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही इस विमान का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार विमान में चालक दल के आठ सदस्य और पांच यात्री हैं

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लापता विमान के बारे में उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया से टेलीफोन पर बातचीत की राजनाथ सिंह ने विमान में सवार सभी यात्रियों की सुरक्षा की कामना की है

अब त्रिभाषा फार्मूले में लचीलापन दिखाया गया है

यह भी कहा गया है कि त्रिभाषा फार्मूला देशभर में लागू करने की जरूरत है ये देश में बहुभाषा संचार क्षमताओं के लिए जरूरी है

उसका इरादा अगले सौ दिनों में इसका अभ्यास शुरू करने का है केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि मैदानी परीक्षण के बाद फाइव जी सेवा लोगों को उपलब्ध कराई जायेगी संचार मंत्री ने कहा कि सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल को दुबारा उसके मूल स्वरूप में लाना चाहती है

कल नई दिल्ली में विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये मामला पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल है

सरकार ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मदद के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया था यह पैनल राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक लाभ के मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देता है

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल नई दिल्ली में देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक में उनकी सराहना की लेकिन भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार और मुस्तैद रहने को भी कहा है चुनाव आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार चुनाव सुधार चुनाव खर्च आदर्श चुनाव आचार संहिता मीडिया सम्पर्क चुनाव सामग्री चुनाव प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नौ विषयों पर कार्य समिति गठित की गई है यह समिति अगस्त माह तक अपनी रिपोर्ट दे देगी

शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कल दसवीं की परीक्षा के साथ ही प्रवेशिका और व्यावसायिक पाठ्यक्रम का परिणाम भी घोषित किया इस मौके पर शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है

इसके लिये चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघ शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये है डॉ शर्मा ने कल जयपुर में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और निशुल्क जांच योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि प्रदेश के सभी स्तर के अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्य कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है उन्होंने मेडिकल कॉलेज से जुडे अस्पतालों जिला और समकक्ष अस्पतालों में भर्ती मरीजों की निःशल्क सिटीस्केन जांच कराने के भी निर्देश दिये

श्री गहलोत ने मगरिब की नमाज से पहले और उसके बाद रोजेदारों से मुलाकात की और उन्हें तहेदिल से माहे रमजान की मुबारकबाद दी

ईद की खुशी अब एक या दो दिन की दूरी पर है चांद दिखने पर पांच या छह जून को ईद मनाई जायेगी

गर्म हवाओं के थपेड़ों और तेज धूप की तपिश से जनजीवन प्रभावित है

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल लू और तेज गर्मी से राहत के आसार नहीं है